अब तक दो सौ उनहत्तर लोगों की हो चुकी है मौत

प्रदेश में बाढ़ का संकट और गहरा गया है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बारह जिलों की आठ सौ सैंतीस पंचायतों की लगभग तीस लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की छब्बीस टीमों की मदद से बचाव और राहत अभियान चलाया जा रहा है प्रभावित क्षेत्रों में छब्बीस राहत शिविर संचालित किये जा रहे हैं जहां लगभग तेईस हजार लोग रह रहे हैं वहीं आठ सौ आठ सामुदायिक रसोई घरों का भी संचालन किया जा रहा है जहां चार लाख बीस हजार लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित पूर्वी चम्पारण सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले हुये हैं मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बागमती गंडक बूढ़ी गंडक लखनदेई कदाने नून और वाया नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है

खदरा नदी पर बना डायवर्जन बाढ़ के पानी में बह गया है तरैया के पूर्वी भाग स्थित थाना ब्लॉक और अस्पताल जाने वाली सड़कों पर दो से तीन फीट तक पानी का बहाव हो रहा है गोपालगंज जिले के देवापूर में टूटे सारण तटबंध का पानी लगभग एक दर्जन पंचायतों में प्रवेश कर चुका है सिधवलिया के गांवों से पानी का बहाव सीवान की ओर हो रहा है बाढ़ के पानी से राजापट्टी कोठी में कई पक्के मकान ध्वस्त हो गये हैं वहीं बैकुंठपुर प्रखंड के कई गांव में गंडक नदी का पानी प्रवेश कर रहा है दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की ग्यारह लाख पचहत्तर हजार की आबादी बाढ़ से प्रभावित है शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बाढ़ के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है दरभंगा जयनगर एनएच पांच सौ सत्ताईस पर खिरमा के पास बाढ़ का पानी आने से आवागमन प्रभावित हुआ है वहीं समस्तीपुर दरभंगा मुख्य पथ पर भी भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गयी है मध्रबनी जिले में कमला और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से बर्री करहरा और अंधरी सहित कई अन्य गांवों में पानी प्रवेश कर गया है कमला नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से जयनगर प्रखंड के इस्लामपुर दौरबार खैरामाट और बेला समेत कई गांवों के लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं पश्चिम चम्पारण में गोपीखांड नदी का तटबंध खरीपकरी गांव में टूट जाने से नानोसती मझौलिया मुख्य मार्ग पर चार फीट तक पानी बह रहा है पूर्वी चम्पारण से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त ड्ुमरिया घाट पुल की मरम्मत का काम जारी है इधर केसरिया प्रखंड मुख्यालय में गंडक और सहायक नदियों का पानी प्रवेश कर गया है सीतामढ़ी जिले के सुरसंड में स्क्रू पाईल पुल का एप्रोच पथ ध्वस्त होने से प्रखंड का जिला मुख्यालय से सड़क सम्पर्क टूट गया है बैरगनिया में हजारों एकड़ खेत में लगी फसल नष्ट हो गयी है किशनगंज जिले में कनकई बूढ़ी कनकई महानंदा और चेंगा नदियों के जलस्तर में वृद्धि से दिघल बैंक और सिंघीमारी पंचायत सबसे अधिक प्रभावित हैं वहीं महानंदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई पंचायत जलमग्न हो गये हैं कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमदाबाद प्रखंड के नयाटोला चामा में दर्जनों घर बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गये हैं सहरसा सुपौल और मधेपुरा में कोसी और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से नये इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के उफान पर होने से नये इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है कोसी नदी की तेज धारा से सरसवां पंचायत के सोहरवां गांव स्थित मुख्य पथ में कटाव होने से आवागमन ठप हो गया है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में छत्तीस लोगों की मौत हो गयी मृतकों में पूर्वी चम्पारण के दस दरभंगा के पांच समस्तीपुर के तीन गोपालगंज छपरा और सीतामढ़ी के एक एक व्यक्ति शामिल हैं इसके अलावा अन्य जिलों से भी ग्यारह लोगों की मौत की खबर है प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता बनी हुई है मौसम विभाग ने अगले बहत्तर घंटों के दौरान उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है विभाग के अनुसार मॉनसून की अक्षीय रेखा उत्तर बिहार से होकर गुजर रही है इससे सीतामढ़ी मध्रबनी अररिया और किशनगंज समेत कई जिलों में भारी बारिश की आशंका बनी हुई है प्रदेश में अब तक सात सौ छह मिलीमीटर बारिश हो चुकी है जो सामान्य से लगभग छियालीस प्रतिशत अधिक है नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश से प्रदेश की अधिकतर नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है बूढ़ी गंडक समस्तीपुर में खतरे के निशान से दो दशमलव पांच सात मीटर जबकि कोसी खगड़िया में खतरे के निशान से दो दशमलव एक मीटर ऊपर पहुंच गयी है बागमती सीतामढ़ी और दरभंगा में लाल निशान से दो मीटर ऊपर बह रही है कोसी नदी का भी जलस्तर तेजी से बढ़ा है वीरपुर बराज पर मात्र बारह घंटे में इसके पानी में छप्पन हजार क्यूसेक की बढ़ोत्तरी हो गयी बराज पर देर शाम पानी की मात्रा एक लाख बयासी हजार क्यूसेक से बढ़कर दो लाख अड़तीस हजार क्यूसेक पर पहुंच गई थी वहीं गंडक नदी का जल स्तर वाल्मीकिनगर बराज पर दो लाख अठारह हजार क्यूसेक से बढ़कर दो लाख तीस हजार क्यूसेक पर पहुंच गया है वहीं बागमती और अधवारा समूह की नदियां सीतामढ़ी शिवहर मध्रबनी दरभंगा मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में जबकि कोसी सहरसा खगड़िया और भागलपुर में खतरे के निशान से ऊपर है बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर खगड़िया और समस्तीपुर में जबकि महानंदा किशनगंज कटिहार और पूर्णिया में लाल निशान के ऊपर है इसी तरह गंडक गोपालगंज में खोई दरभंगा में खांडो सुपौल में और कमला बलान मधुबनी में लगातार खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है गंगा नदी भी कहलगांव में लाल निशान से ऊपर बह रही है राज्य में कोविड उन्नीस के दो हजार चार सौ अस्सी नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर तैंतालीस हजार पांच सौ इक्यानवे हो गयी है सबसे अधिक चार सौ ग्यारह मामले पटना जिले से सामने आये हैं इसके साथ ही जिले में संक्रमितों की कुल संख्या सात हजार चार सौ इक्यासी हो गयी है भागलपुर से दो हजार तीन सौ पैंतीस मुजफ्फरपुर से एक हजार नौ सौ तैंतालीस गया से एक हजार आठ सौ उन्नीस और नालंदा जिले से कुल एक हजार सात सौ पैंतालीस मामलों की अब तक पुष्टि हसे चुकी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में इस महामारी से अब तक दो सौ उनहत्तर लोगों की मौत हुई है अब तक उनतीस हजार लोग स्वस्थ हो चुके हैं कुल संक्रमित लोगों में से सड़सठ प्रतिशत स्वस्थ हो चुके हैं पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर आर के चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गये है इसके साथ ही एनएमसीएच के दो पीएमसीएच तथा आईजीआईएम के एक एक चिकित्सक और उन्नीस स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं वहीं बिहार लोक सेवा आयोग के एक सदस्य और जमुई के अनुमंडलाधिकारी में भी संक्रमण की प्रष्टि हुई है पटना स्थित परिवहन विभाग के सात कर्मी भी पॉजिटिव पाये गये हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्तपाल में अस्थायी कोविड अस्पताल बनाये जाने को मंजूरी दे दी है केन्द्र सरकार ने बिहार को साढ़े सात सौ ऑक्सीजन कांस्ट्रेटर उपलब्ध कराये हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया है कि इनमें से चार सौ तीस कांस्ट्रेटर मिल चूके हैं जबकि बाकी एक दो दिनों में मिल जायेंगे उन्होंने बताया कि इस अत्याधुनिक मशीन से मरीजों को ऑक्सीजन देने में सुविधा होगी साथ ही उनकी स्थिति पर गहन निगरानी रखी जा सकेगी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में आम लोग शामिल नहीं हो पायेंगे राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव सचिव प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये हैं इस दौरान झांकियां और एनसीसी परेड भी आयोजित नहीं की जायेगी कैबिनेट विभाग के सचिव मिथिलेश कुमार के अनुसार समारोह स्थल पर पहले की तुलना में एक चौथाई लोगों को ही निमंत्रण दिया जायेगा आम लोग समारोह को ऑनलाईन माध्यमों और टेलीविजन के जरिये देख सकेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बकरीद पर किसी प्रकार का सामूहिक आयोजन नहीं होगा पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को दिशा निर्देश जारी किये गये हैं उन्होंने कहा कि लोगों को घरों में त्योहार मनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से धर्म गुरूओं की भी मदद ली जायेगी केन्द्र सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने के मामले में बिहार के एक हजार एक सौ एक पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों का लाईसेंस रद्द कर दिया है अब ये स्वयं सेवी संगठन विदेशों से आर्थिक मदद नहीं ले सकेंगे उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु के पश्चिमी लेन पर इकतीस जुलाई से आवागमन शुरू हो जायेगा पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि पुल का उद्घाटन दिल्ली से केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयुक्त रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे उन्होंने बताया कि बरसात के बाद पूर्वी लेन के जीर्णोद्धार का काम भी शुरू हो जायेगा श्रम संसाधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि विभाग ने दो हजार छह सौ अठहत्तर पदों के लिए किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं निकाला है एक फर्जी वेबसाईट बना कर इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की सूचना के बाद विभाग की ओर से यह स्पष्टीकरण आया है श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी पाये जायेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी

बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में हर साल उनतीस जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस दिवस की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट दो हजार अठारह जारी की श्री जावड़ेकर ने कहा कि दुनिया में बाघों की कुल संख्या का लगभग सत्तर प्रतिशत हिस्सा देश में है इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के एक मात्र बाघ अभयारण्य वाल्मीकिनगर टाईगर रिजर्व में बाघों की संख्या इकतीस होने का अनुमान है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने सुशांत सिंह राजपूत आत्म हत्या मामले में रिया चक्रवर्ती पर प्राथमिकी दर्ज कराये जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची पटना पुलिस कोरोना के बढ़ते मामलों पर दैनिक जागरण लिखता है पन्द्रह अगस्त तक बढ़ सकता है लॉकडाउन दैनिक भास्कर ने बिहार निवासी अभिनेत्री क्मक्म के निधन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने यूएन के सलाहकार समूह में पटना विमेंस कॉलेज की अर्चना के शामिल होने की खबर को अपने पहले पन्ने पर स्थान दिया है राष्ट्रीय सहारा लिखता है चुनाव का समय तय करना आयोग का अधिकार आज अखबार ने प्रदेश में बाढ़ से जुड़ी खबर को प्राथमिकता देते हुये लिखा है ग्यारह जिलों की छह सौ अस्सी पंचायतें बाढ़ की जद में और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में बाढ़ का संकट और गहराया

अब तक दो सौ उनहत्तर लोगों की हो चुकी है मौत